प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कहा था कि सार्क नेताओं को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति बनानी चाहिए प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि इस बारे में वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए विचार विमर्श होना चाहिए उन्होंने कहा कि प्रे विश्व और बड़ी वैश्विक आबादी वाले दक्षिण एशिया के समक्ष उदाहरण रखा जा सकता है कि लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं रखी जाएगी

लोगों से बड़ी सभाओं में शामिल न होने को कहा गया है खांसी और बुखार होने की स्थिति में अन्य लोगों से दूर रहने की सलाह दी गई है लोगों को हाथ अच्छी तरह साफ किए बिना आखें नाक या चेहरा नहीं छूना चाहिए साबुन और पानी से हाथ अच्छी तरह धोने या अल्कोहल युक्त सेनिटाइजर से साफ करने तथा खांसते और छींकते समय रूमाल या टिश्यू पेपर के उपयोग का परामर्श दिया गया है इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर बंद डस्टबिन में फेंके जाएं खांसी बुखार के साथ सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लिया जाए डॉक्टर के पास जाते समय मास्क लगाया जाए या चेहरे और नाक को कपड़े से ढक कर रखा जाए कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में किसी भी जानकारी या सहयोग के लिए चौबीसों घंटे हेल्पलाइन सेवा शुरू की है

दामोदर वैली कॉरपोरेषन ने बिजली की कटौती वापस ले ली है इससे झारखंड में जल्द ही बिजली की रिथिति सामान्य होने की संभावना जतायी जा रही है षुक़वार को चार सौ करोड़ रूपये भुगतान किये जाने के बाद कल राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ डीवीसी प्रबंधन की उच्चस्तरीय वार्ता हुई जिसमें इस मुद्दे पर सहमति बनी

राज्य की दो राज्यसभा सीटों के लिए तीन नामांकन दाखिल किये गए हैं भाजपा से दीपक प्रकाष ने नामांकन किया है जबकि झामुमो सुप्रीमो षिब्र सोरेन और कांग्रेस के शहजादा अनवर ने भी नामांकन किया है

हजारीबाग सहित राज्य के कई जिलों में हो रही बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान पर सांसद जयंत सिन्हा ने चिंता व्यक्त की है उन्होंने कहा है कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के गेहूं दलहन और सब्जी की खेती प्रभावित हुई है ऐसे में सरकार को किसानों को राहत दिलाने के लिए जल्द मुआवजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए रामगढ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत दुलमी गांव से सोना चोर को तमिलनाडु पुलिस और रामगढ़ पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर कल गिरफ्तार किया इस छापामारी अभियान का नेतृत्व रजरप्पा थाना प्रभारी बिनोद मुर्मू एवं तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतर्गत कोटार थाना के अवर निरीक्षक श्रवण कुमार कर रहे थे

केन्द्र सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न वैधानिक उपायों सहित कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं संसद ने देश में ई सिगरेट बनाने और उसके आयात निर्यात परिवहन बिक्री वितरण भंडारण तथा विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए पिछले वर्ष इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट अधिनियम पारित किया था आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है

इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान करना और बाजार में उनके शोषण को रोकना है इस वर्ष का विषय है सदैव सक्षम उपभोक्ता भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि इस साल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल प्रतियोगिता के समय को कम किया जा सकता है

पष्विमी विक्षोम और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेषन के कारण कल से राज्यभर में बारिष हो रही है बारिष का आम जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है कई जिलों में बारिष के साथ ओलावृष्टि की वजह से रबी की फसलों और सब्जियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है मौसम विभाग के अनुसार लगातार हो रही इस बारिष से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आयी है मौसम विभाग के अनुसार आज भी बादल छाये रहेंगे सत्रह मार्च को बारिष से राहत मिल सकती है

फसलों को भी नुकसान पहुंचा है

कार में सवार एक व्यक्ति की हृदयगति रूकने से मौत हो गयी

समाप्त